प्रदेश में शुरू हुआ संकल्प की चेन जोड़ो संकमण की चेन तोड़ो थीम पर केन्द्रित किल कोरोना टू अभियान

उन्होंने कहा इस सोच के साथ ही देश में अनुसंधान नवाचार विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक जरूरी माहौल बनाया गया है

ऐसे में पूरा ध्यान सीखने अनुसंधान और नवाचार पर केंद्रित होना चाहिए

तोमर कार्यशाला केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि क्षेत्र में देश को किसी भी संकट से बाहर निकालने की क्षमता है उन्होंने दिल्ली में एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण भारत और किसान समुदाय आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे श्री तोमर ने कोरोना महामारी के बावजूद खरीफ फसल की बुआई पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि युवाओं को आजीविका के रूप में कृषि क्षेत्र को अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिए

इन दिशा निर्देशों के तहत रात में बाहर निकलने पर लगी पाबंदी हटा दी गई है

इसके अलावा शारीरिक दूरी और स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं

इसी तरह मेट्रो रेल सिनेमा घर स्वीमिंग पूल मनोरंजन पार्क और बार को खोलने की अनुमति नहीं होगी इसके अलावा ऐसे सामाजिक राजनीतिक खेल सांस्कृतिक धार्मिक और अन्य कार्यक्रमों पर पाबंदी जारी रहेगी जहां भीड़ जमा होती है

इस बार के अभियान की मुख्य थीम संकल्प की चेन जोड़ो संक्रमण की चेन तोड़ो है

साथ ही जनप्रतिनिधियों के सार्वजनिक दौरे विकास कार्यो के शिलान्यास लोकार्पण आदि कार्यक्रमो पर रोक रहेगी लेकिन यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शारीरिक दूरी का पालन करते हुए आयोजित किये जा सकते हैं इसी तरह सीधे तौर पर राजनीतिक रैलियों के आयोजन की बजाय जन प्रतिनिधि ऑनलाइन आभासी रैलियां कर सकेंगे वहीं प्रदेश में अब कोई नया लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकेगा यदि किसी जगह लॉकडाउन की जरूरत होगी तो इसके लिये जिला प्रशासन को राज्य सरकार से अनुमति लेना होगी बैतूल राखी बैतूल में आदिवासी बच्चे रक्षा बंधन के पर्व की एक अनूठी परिभाषा पेश कर रहे है

घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है

यहां पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी कोरोना संक्रमित पाए गये हैं

उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय में कई उत्तरदायित्वों को संभाला था हाल ही में उन्हें आकाशवाणी महानिदेशक का प्रभार भी दिया गया था श्रीमती जोशी के स्थान पर अब जयदीप भटनागर को समाचार सेवा प्रभाग का नया महानिदेशक बनाया गया है

ग्वालियर में अपने निवास से ऑनलाइन शुभारंभ करते हुए कहा कि यह सप्ताह अत्यन्त महत्वपूर्ण है

कोरोना संकमण को देखते हुए लोगों ने घरों पर ही नमाज अदा की और इस दौरान महामारी से मुक्ति के साथ ही मुल्क की तरक्की और बेहतरी के लिये दुआ की गई